सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया इस सम्मेलन में सोलह देशों के संतावन प्रतिनिधि और क्रेतागण तथा देश के विभिन्न राज्यों से साठ प्रतिनिधि और क्रेतागण भाग ले रहे हैं सम्मेलन में आठ अनुबंध पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड के साथ चार और छत्तीसगढ़ राज्य हैंडलूम को ऑपरेटिव फेडरेशन के साथ चार अनुबंध शामिल हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह सम्मेलन छत्तीसगढ़ के उत्पादों को दुनिया में पहचान दिलाने की एक पहल है ऐसे आयोजनों से उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंध बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलने से जहां किसानों को फायदा होगा वहीं उपभोक्ताओं को सही दाम पर सामग्री मिलेगी उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कोसा वस्त्रों फल और सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा सम्मेलन में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के चावल और वनौषधियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहंचेंगी इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के लिए छत्तीसगढ़ उत्पाद का लोगो लांच किया गया

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए आठ और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार के लिए एक पंचायत का चयन हुआ है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने चयनित सभी ग्राम पंचायतों को बधाई दी है मोअकबर राशन कार्ड आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि अगले माह से प्रदेश के सभी परिवारों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक परिवारों को राशन देने के लिए प्रतिबद्ध है इसके लिए चार हजार करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है मोहम्मद अकबर कल कबीरधाम में आयोजित राशन कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि जिन हितग्राहियों को राशन कार्ड नहीं मिला है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है राज्य सरकार ने सामान्य परिवारों एपीएल के लिए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की समय सीमा आगामी तेईस सितंबर तक बढ़ा दी है राज्यपाल उच्च शिक्षा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए जाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी यह बात सुश्री उइके ने आज उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सोनमणि बोरा से कही श्री बोरा राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे

इस सीट के लिए तेईस सितंबर को मतदान होगा इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार सभाएं ले रहे हैं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गीदम में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया वहीं भाजपा की तरफ से केन्द्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया इस बीच राज्य शासन ने दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए मतदान के दिन तेईस सितम्बर को किसी कारोबार व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं

मिली जानकारी के मुताबिक माओवादी संगठन गुमियापाल का डीकेएमएस अध्यक्ष भीमा मिडियामि ने आज किरंदुल थाना में एसडीओपी धीरेन्द्र पटेल के सामने आत्मसमर्पण किया इस माओवादी के खिलाफ हत्या आगजनी सहित कई आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है

इस मौके पर श्री जोशी ने दुर्ग जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में फल वितरण करने के साथ अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण भी किया गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी दुर्ग प्रवास के दौरान अनुच्छेद तीन सौ सत्तर पर आयोजित जन जागरण अभियान में भी शामिल हुए इसके अलावा उन्होंने दुर्ग में हिन्दी भवन और भिलाई स्थित बीआईटी में आयोजित जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में भी शिरकत की इस अवसर पर सांसद सरोज पांडेय विजय बघेल संतोष पांडेय और मोहन मंडावी उपस्थित थे अंतागढ़ टेपकांड अंतागढ़ टेपकांड मामले में रायपुर जिला न्यायालय ने वाईस सैंपल को लेकर एसआईटी की याचिका खारिज कर दी है न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने आज इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाया गौरतलब है कि एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पूर्व विधायक अमित जोगी मंत्राम पवार और पुनीत गुप्ता के वाईस सैंपल लेने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन लगाया था स्वच्छता पखवाड़ा भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में आज रायपुर दुर्ग और भाटापारा सहित अन्य स्टेशनों पर जीरो वेस्ट कचरा मुक्त प्लेटफॉर्म को लेकर अभियान चलाया गया इसके तहत स्टेशन परिसर में स्थित टॉयलेटों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया राजधानी रायपुर में प्लास्टिक मुक्त स्टेशन परिसर बनाने के लिए प्लेटाफॉर्मो में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया केप्टिव पावर प्लांट रियायत राज्य सरकार ने स्टील उद्योगों में स्थापित एक मेगावॉट क्षमता तक के केप्टिव पावर प्लांट के संचालन के लिए रियायती पैकेज लागू किया है इस संबंध में जारी पैकेज के अनुसार चालू वित्त वर्ष में ऊर्जा प्रभार में बीते एक अप्रैल से इकतीस मार्च दो हजार बीस तक अस्सी पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी रियायती पैकेज के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट किया गया है कि ऊर्जा प्रभार में छूट की पात्रता राज्य के ऐसे सभी स्टील उद्योगों के लिए रहेगी जो अपनी संपूर्ण बिजली की आवश्यकता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से प्राप्त करते हैं राज्य स्तरीय खेल समापन उन्नीसवीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता में रायपुर जोन ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए ओवर ऑल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है अंबिकापुर में आयोजित चार दिवसीय इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर जोन सहित अन्य विजेता दल के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया प्रतियोगिता में बारह जोन के बाईस सौ से अधिक प्रतिभागियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया मिनी गोल्फ और कार्फबॉल में सरगुजा ने बाजी मारी प्रतियोगिता में टेबल टेनिस तैराकी वॉटर पोलो बॉस्केटबॉल शतरंज सहित अन्य खेलों का आयोजन किया गया शिक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम राज्य के शासकीय और निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बीएड डीएलएड बीए बीएड और बीएससी बीएड पाढ़यक्रम में रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण के आवंटन की प्रक्रिया आगामी तेईस सितंबर से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन भरने की यह प्रक्रिया सत्ताईस सितंबर तक चलेगी इस बार पिछले वर्षों से अलग साक्षात्कार आवंटन प्रक्रिया के स्थान पर अंतिम चरण की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है राज्य में डीएलएड में रिक्त दो हजार पांच सौ सड़सठ और बीएड में रिक्त एक हजार छह सौ सत्तर सीटों के लिए तेईस सितंबर से विकल्प फॉर्म भरवाए जाएंगे और दो बार आवंटन सूची जारी की जाएगी अंतिम चरण की प्रथम सूची अट्ठाईस सितंबर को जारी की जाएगी और प्रवेश की तिथि तीस सितंबर से एक अक्टूबर तक निर्धारित की गई है अंतिम चरण की दूसरी सूची तीन अक्टूबर को जारी होगी और प्रवेश की तिथि चार से सात अक्टूबर तक निर्धारित की गई है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सौजन्य भेंट की राज्यपाल ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने और सफल चुनाव संचालन के लिए छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर श्री साहू को बधाई और शुभकामनाएं दीं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कल सूरजपुर में मुख्यमंत्री अमृत योजना का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय सूरजपूर के छात्र छात्राओं को सोया दूध का वितरण किया राज्य सरकार ने प्रदेश में पन्द्रह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को संचालित किए जाने की औपचारिक अनुमति दे दी है भाटापारा पुलिस ने लोहा व्यवसायी हत्याकांड के मामले में ड्रायवर समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और सूरजपुर जिले के ग्राम मोहरसोप में आज तड़के हाथियों के एक दल ने खेत की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग को कुचल दिया